उधर कल जयपुर में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अब प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे

इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य नये मतदाताओं को प्रोत्साहित करना है राज्य में भी इस दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द क्मार ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया जायेगा जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि होंगे श्री कुमार ने बताया कि समारोह का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा प्रदर्शनी के उदघाटन के साथ किया जायेगा समारोह के दौरान लघु नाटिका और छात्राओं द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जायेगी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तरीय समारोह का आयोजन करेंगे और नवपंजीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित करेंगे बीकानेर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता जागरुकता रैली निकाली जायेगी रैली में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी और स्काउट गाइड हिस्सा लेंगे जिला स्तरीय मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत करेंगे बाडमेर में भी आज इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

आज राजकीय अवकाश के कारण सभी विभागों में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक कानून और व्यवस्था श्री एमएल लाठर ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलवाई प्रतापगढ के जिला कारागृह में भी मतदाता दिवस पर बंदियों को लोकतंत्र की रक्षा की शपथ दिलाई गई

उनके संबोधन को आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सभी केन्द्रों से शाम सात बजे से प्रसारित किया जायेगा दूरदर्शन के सभी केन्द्र भी इसका प्रसारण करेंगे हिन्दी में भाषण के बाद अंग्रेजी में भी इसे प्रसारित किया जायेगा और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज जयपूर के शहीद स्मारक पर राजस्थान पुलिस बैंड द्वारा कार्यक्रम पेश किया जायेगा शाम पांच बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में आम जनता के अलावा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि एएसआई पद से सेवानिवृत पुलिसकर्मी हिंदू सिंह और चतुर्थ बटालियन आरएसी जयपुर के हैड कांस्टेबल मुकुट बिहारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जायेगा

प्रधानमंत्री कल गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडैटों स्वंय सेवकों और झांकियों में भाग लेने वाले कलाकारों के साथ बातचीत कर रहे थे